प्रदेश में बाढ़ के कारण हालात और खराब हये

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को व्यापक क्षति

प्रदेश में कोविड उन्नीस से मृतकों की संख्या बढ़कर चार सौ पचास हुई

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सोलह जिलों के एक सौ छब्बीस प्रखंडों की एक हजार दो सौ चालीस पंचायत बाढ़ से प्रभावित है पचहत्तर लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है इन क्षेत्रों में एनडीआरएफ की बीस और एसडीआरएफ की तेरह टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है दरभंगा सीतामढ़ी समस्तीपुर सारण पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं बाढ़ के कारण पिछले पन्द्रह दिनों से कई क्षेत्रों का सम्पर्क जिला मुख्यालयों और प्रखंड मुख्यालयों से कट गया है सड़क के क्षतिग्रस्त और जलमग्न हो जाने से बाढ़ में डूबे इलाकों में आवाजाही कठिन हो गयी है ज्यादातर क्षेत्रों में नाव से ही आवश्यक सामानों की आप्रर्ति की जा रही है बड़ी आबादी के बाढ़ की चपेट में आ जाने के कारण लोगों को खाने पीने के चीजों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है वहीं पश्ञओं के लिए भी चारे की कमी के कारण पश्रपालकों को परेशानी हो रही है अब तक पांच लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है बाढ़ग्रस्त इलाकों में सात राहत शिविर चलाये जा रहे हैं जहां लगभग बारह हजार लोग रह रहे हैं वहीं एक हजार दो सौ उनतालीस सामुदायिक रसोई घरों का भी संचालन किया जा रहा हैं जहां से नौ लाख से अधिक लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है दरभंगा जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर कम होने के बावजूद यह कई स्थानों पर लाल निशान से ऊपर बनी हुई है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हजारों घरों में पानी प्रवेश कर गया है जिससे लोगों को छतों और अन्य ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है

हमारे संवाददाता ने बताया कि राहत सामग्री नहीं मिलने के कारण कई स्थानों पर बाढ़ पीड़ितों ने सड़क पर उतर कर हंगामा किया

तीनों जिलों में कई नये इलाके बाढ़ की चपेट में आ गये हैं बाल्मीकिनगर गंडक बराज से हर रोज औसतन डेढ़ से दो लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ की रिथति अब भी भयावह बनी हुई है गोपालगंज जिले के छियासठ पंचायतों में चार लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर आश्रय लिये हुये हैं सारण जिले में सतासी पंचायतों में साढ़े सात लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुये हैं बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सात सौ बाईस के अलावा कई स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं अमनौर प्रखंड के महरूआ गांव में रायपुरा और रसुलपुर को जोड़ने वाली सड़क पानी में बह गयी है इस इलाके में नहर क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण गरखा प्रखंड के कई नये क्षेत्रों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है सीवान जिले में भी सरयू और दाहा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है समस्तीपुर खगड़िया और बेगूसराय जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सुधार नहीं है राज्य में बाढ के कारण पौने आठ लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक में फसलों को नुकसान पहुंचा है क्रषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि अभी प्रारंभिक आकलन किया गया है अंतिम रिपोर्ट आने के बाद किसानों को फसल क्षति मुआवजा दिया जायेगा श्री कुमार ने कल पूर्वी चंपारण जिले में बाढ की स्थिति का जायजा लिया उन्होने कहा कि जहां फसलों को नुकसान पहुचा हैं वहां आकस्मिक फसल योजना के तहत किसानों को मूंग और अन्य फसलों के बीज उपलब्ध कराये जा रहे हैं मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जतायी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि नमी युक्त हवा के कारण राज्य के पूर्वी हिस्से में अच्छी बारिश हो सकती है

इससे बाढ़ की स्थिति में सुधार की संभावना है हालांकि गंडक और कोसी नदी में बराज से पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकिनगर गंडक बराज से आज सुबह एक लाख सतहत्तर हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जबकि बराह बराज से कोसी नदी में डेढ़ लाख क्यूसेक पानी छोड़ गया है राज्य में बागमती और घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है गंगा नदी का जलस्तर अधिकांश स्थानों पर स्थिर है या इसमें कमी देखी जा रही है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार घाघरा नदी सीवान जिले के दरौली और गंगपुर सिसवन में अब भी खतरे के निशान के ऊपर बनी हुई है इधर गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर जिले के रेवा घाट और गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में अब भी लाल निशान के ऊपर बना हुआ है बागमती नदी का जलस्तर जो पिछले दिनों कई स्थानों पर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था वह धीरे धीरे कम हो रहा है मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है हालांकि नदी अब भी खतरे के निशान से लगभग एक मीटर ऊपर बह रही है प्रदेश में कोविड संक्रमितों की संख्या लगभग तिरासी हजार हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार राज्य में तीन हजार इक्कीस नये मामले सामने आये हैं जिससे संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर बयासी हजार सात सौ इकतालीस तक पहुंच गया है सबसे अधिक चार सौ दो मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है वहीं बेगूसराय जिले से एक सौ इकहत्तर बक्सर से एक सौ उनहत्तर वैशाली से एक सौ उनचास और पूर्वी चंपारण जिले से एक सौ इकतालीस संक्रमण के मामले सामने आये हैं मुजफ्फरपुर पश्चिम चम्पारण समस्तीपुर और सारण जिले में सौ सौ से अधिक संक्रमण के मामले सामने आये हैं कुल संक्रमित लोगों में से चौवन हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चूके हैं जबकि अब तक राज्य में चार सौ पचास लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है राज्य में प्रतिदिन औसतन पचहत्तर हजार से अधिक कोविड उन्नीस नूमनों की जांच की जा रही है स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर पैंसठ दशमलव चार तीन प्रतिशत हो गयी है प्रदेश में फल सब्जी बिक्रेताओं और ऑटो चालकों की कोविड जांच शूरू हो गयी है पटना जिले से इसकी शुरूआत हुई कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने और ग्राहकों को आश्वस्त करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है जांच के बाद रिजल्ट आने पर प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेन्द्र धनेजा ने लोगों से कोविड उन्नीस के लक्षण मिलने पर स्वयं आगे आ कर जांच कराने को कहा है इससे संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी

श्री कुशवाहा सहित उन्नीस लोगों के खिलाफ रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र में बिना अनुमति के सभा करने पर पुलिस ने कार्रवाई की है वहीं बक्सर जिले के चक्की थाना क्षेत्र में बिना अनुमति के सभा करने पर पप्पू यादव और सत्रह अन्य लोगों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी है राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए परिनियम दो हजार बीस को मंजूरी दे दी है राज्यपाल सचिवालय ने इससे संबंधित अधिसूचना की जारी कर दी है परिनियम के अनुसार प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्तियां बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग बीएसयूएससी के जरिए की जाएगी नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन निकाले जायेंगे अमर शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस के एक सौ बारहवें शहादत दिवस पर आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है मुजफ्फरपुर स्थित केन्द्रीय जेल में आज तड़के शहादत दिवस का आयोजन किया गया इस अवसर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अमर क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गौरतलब है कि अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के जंग में खुदीराम बोस ने अपने प्राणों की आहुति दी थी तत्कालीन सत्र न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम से हमला करने के मामले में आज ही के दिन उन्नीस सौ आठ को उन्हें मुजफ्फरपुर केन्द्रीय जेल मे फांसी की सजा दी गयी थी आजादी के आंदोलन में अपनी शहादत देने वाले बिहार के सात शहीद छात्रों को आज श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है आज ही के दिन उन्नीस सौ बयालीस में पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा फहराते समय अंग्रेज सैनिकों की गोली से सात छात्रों की मृत्यु हो गयी थी महात्मा गांधी के करो या मरो के आहवान पर ये छात्र अंग्रेजी हुकूमत के प्रतीक ब्रिटिश झंडे को सचिवालय से हटा कर तिरंगा फहराने निकले थे इनकी स्मृति में विधानमंडल के सामने सात शहीदों का स्मारक बनाया गया है स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है रेलवे तेरह अगस्त से कोसी महासेतु पर सेफ्टी ट्रॉयल के तहत रेल परिचालन शुरू करेगा पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल अन्तर्गत सुपौल जिले के आसनपुर कुपहा हॉल्ट और सरायगढ़ को जोड़ने के लिए रेल लाईन बन कर तैयार हैं रेल मंडल के वरिष्ठ डीसीएम सरस्वती चंद्र ने बताया कि सीआरएस परीक्षण के बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरु करने की घोषणा की जायेगी रेलखंड के शुरू हो जाने से दो सौ बानवे किलोमीटर की दूरी मात्र बाईस किलोमीटर में सिमट जाएगी प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है कोविड उन्नीस संक्रमण के चलते मंदिरों में भीड़ भाड़ बहुत कम है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं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 हिन्दुस्तान ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये शीर्षक दिया है बिहार चुनाव कोरोना के कारण आगे नहीं बढ़ायेंगे प्रभात खबर की सुर्खी है बाढ़ के रोकने के उपायों में नेपाल नहीं कर रहा सहयोग मुख्यमंत्री अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में ईडी की कार्रवाई को बड़ी खबर बनाते हुये दैनिक भास्कर लिखता है रिया भाई और पिता से ईडी ने फिर की पूछताछ दैनिक जागरण ने प्रदेश में सहायक प्रध्यापकों की बहाली का रास्ता साफ को बड़ी खबर बनाया है आज अखबार की सुर्खी है तेईस सौ किलोमीटर के नेटवर्क से सस्ती इंटरनेट सेवा मिलेगी और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में बाढ़ के कारण हालात और खराब हुये

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को व्यापक क्षति

प्रदेश में कोविड उन्नीस से मृतकों की संख्या बढ़कर चार सौ पचास हुई